प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं से रूबरू हुए

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की शुरूआत में देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रोशनी का उत्सव सभी के जीवन में नया प्रकाश लाए तथा सकारात्मकता का प्रसार करें

गुरूनानक देव ने सेवा भाव को हमेशा सर्वोपरी रखा है प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल का स्मरण करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता का यह अभियान सवा सौ करोड हिन्दुस्तानियो का प्रयास है

आज दीपावली है घर घर में आज धन की देवी महालक्ष्मी जी का स्वागत किया जाएगा प्रदेशभर में महालक्ष्मी के स्वागत के लिए घरों को फूल मालाओं तथा रोशनी से सजाया गया है दीपावली के अवसर पर बाजारों को विशेषरूप से सजाया गया हैं

दीपावली पर की गई जयपूर की आकर्षक सजावट को देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक जयपूर पहुंच रहे है इस अवसर पर मन्दिरों को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है आज सुबह से ही मिठाई और पटाखों की दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है शाम को लक्ष्मी पूजन के साथ ही घर्रो को दीयों से सजाया जाएगा इसके बाद आतिशबाजी होगी लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी सांसद ओम बिडला ने दीपावली के पावन पर्व पर अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के बाजारों में पहुँचकर व्यापारियों और आमजन को दीपावली की शुभकामनाएं दी राजसमंद में नाथद्वारा स्थित श्रीनाथजी मंदिर में आज दीपावली पर विशेष श्रृंगार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है

इसके साथ ही गायों के लिए बनाये गए एक चारा गौदाम और एक पानी की टंकी का भी शिलान्यास किया जाएगा महापौर विष्णु लाटा ने बताया कि इन शेडों से गायों के लिए छाया की व्यवस्था होगी हनुमानगढ़ जिले में रबी फसलों की बिजाई शुरू हो गई है सरसों और चने की बिजाई जहां कुछ जगह जारी है तो गेहूं की अगले सप्ताह तक बिजाई शुरू होगी हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि रबी की बिजाई को देखते हुए कृषि विभाग ने यूरिया और डीएपी की मांग उच्चाधिकारियों को भिजवा दी है हनुमानगढ़ जिले में रबी सीजन में औसतन एक लाख टन यूरिया की मांग हर वर्ष रहती है

इस युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए फ्रांस की सेना की टुकडी बीकानेर पहुंच चुकी है भारतीय सेना के प्रवक्ता कर्नल संबित घोष ने बताया कि दोनों देशों को यह युद्धाभ्यास आतंकवादी विरोधी अभियानों पर केन्द्रित होगा